दशहरा अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा आज भगवान रघुनाथ की पारंपरिक शोभायात्रा के साथ आरंभ हो गया राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कुल्लू के प्रसिद्ध ढालपुर मैदान में भगवान रघुनाथ जी की रथयात्रा में भाग लेकर दशहरा महोत्सव का शुभारंभ किया शोभायात्रा में एक सौ से अधिक देवी देवताओं ने हिस्सा लिया राज्यपाल ने इस मौके पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि ये उत्सव बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की संस्कृति बहुत समृद्ध और अद्वितीय है जिसकी विश्व भर में अलग पहचान है प्रदेश में वर्ष भर आयोजित होने वाले मेले और त्यौहार यहां के लोगों की समृद्ध परंपराओं और धार्मिक आस्था को दर्शाते हैं राज्यपाल ने इस बात पर ख्रशी जताई कि आध्रनिकता के इस दौर में भी प्रदेश के लोगों ने अपनी समृद्ध संस्कृति और रीति रिवाजों को संरक्षित रखा है

इस मौके पर जगह जगह रावण मेघनाद और कंभकरण के पूतलों का दहन किया गया मुख्य समारोह शिमला के प्रसिद्ध जाखू मंदिर मैदान में हुआ जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने सैंकड़ों लोगों की मौजूदगी में रावण मेघनाद और कृंभरण के पूतलों का दहन किया जयराम ठाकर ने इस मौके पर कहा कि ये पर्व अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है साथ ही विजय दशमी मां दूर्गा के प्रति श्रद्धा का भी परिचायक है उन्होंने इस मौके पर लोगों से नशे के दानव को समाज से खत्म करने के लिए मिलजुल कर प्रयास करने का भी आहवान किया मुख्यमंत्री ने इससे पूर्व जाखू मंदिर परिसर में बनने वाले धार्मिक संग्रहालय की आधारशिला रखी और मंदिर में पूजा अर्चना भी की शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने शाहपूर में जिला स्तरीय दशहरा उत्सव की अध्यक्षता करते हुए कहा कि ये त्यौहार हमें याद दिलाता है कि हम बुराई रूपी रावण का नाश करके ही जीवन को बेहतर बना सकते हैं पावंटा साहिब में महिलाओं ने विजय दशमी के मौके पर एक अनोखी पहल की और युवाओं में बढ़ रही नशे की प्रवृति तथा महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा के विरोध में रैली निकालकर इन कुरीतियों का पुतला दहन किया चंबा में ऐतिहासिक चंपावती मंदिर में राजपूत कल्याण सभा द्वारा शस्त्र पूजा कर विजय दशमी मनाई गई सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि आर्थिक उन्नति के लिए औद्योगिक क्षेत्रों का समुचित विकास और स्तरोन्नयन जरूरी है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और उद्योगों के माध्यम से प्रदेश वासियों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है

उन्होंने कहा कि राज्य में अधिक से अधिक औद्योगिक निवेश की संभावनाए तलाशी जा रही है इस दिशा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर योजनाबद्व कार्य कर रहे हैं उन्होंने इस मौके पर कुलहाड़ीवाला औद्योगिक परिसर में रूद्राक्ष का पौधा भी रोपा

श्री मोदी ने एक टवीट में लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया

रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेशों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा

अग्निहोत्री विधानसभा में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार द्वारा निगमों और बोर्डो में की गई अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की निय्क्तियों को अनावश्यक करार दिया है

उन्होंने आरोप लगाया कि इन नियुक्तियों से भाजपा की भीतर की गुटबाजी भी जगजाहिर हो गई है अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा ने विपक्ष में रहते निगमों और बोडों में अध्यक्षों तथा उपाध्यक्षों की नियुक्तियों का लगातार विरोध किया लेकिन सत्ता में आते ही अब उसके आदर्श बदल गए हैं बाल्दी अतिरिक्त मुख्य सचिव व मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्रीकांत बाल्दी ने अधिकारियों से आपसी समन्वय के साथ योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने को कहा है ताकि लक्षित वर्ग इन योजनाओं से समय पर लाभान्वित हो सकें बाल्दी सोलन में विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की प्रगति के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे

इन योजनाओं का मुख्य लक्ष्य समाज के विभिन्न वर्गो को समय पर लाभान्वित करना है उन्होंने उपायुक्त सोलन को निर्देश दिए कि जिले में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिले के अग्रणी बैंक के सहयोग से सभी बैंकों के साथ बैठक करें एसजेवीएनएल के द्रीय विद्युत सचिव अजय कुमार भल्ला ने आज शिमला जिला के झाकड़ी में सतलुज जलविद्युत निगम द्वारा नवनिर्भित तीन सौ दस किलोवाट क्षमता के सौर उर्जा संयंत्र का लोकार्पण किया उन्होंने बधाल में एक मैगावॉट क्षमता की सौर उर्जा के संयंत्र की आधारशिला भी रखी भल्ला ने एस जे वी एन के नाथपा झाकड़ी और रामपुर पनविद्युत परियोजना स्टेशनों का दौरा भी किया इस दौरान एस जे वी एन के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक नंद लाल शर्मा भी उनके साथ थे

परिषद के सचिव कुनाल सत्यार्थी ने आज शिमला में कहा कि इस वर्ष की कांग्रेस का मुख्य उददेश्य ग्रामीण पहाड़ी इलाकों में लोगों को आने वाली समस्याओं की पहचान के आधार पर संभावित समाधानों की खोज करना है उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम ग्रामीण नवोन्मेष पर काम करने वाले सभी लोगों के लिए एक मंच प्रदान करेगा और ग्रामीण परिवर्तन के लिए प्रासंगिक उत्पादों में आध्रनिक प्रगति तथा भविष्य के रूझानों पर भी चर्चा करेगा मौसम जनजातीय जिला लाहौल स्पिति में आज दूसरे दिन भी उंची पहाड़ियों पर हिमपात का सिलसिला जारी रहा मौसम में इस ताजा बदलाव से लाहौल स्पिति सहित तमाम जनजातीय क्षेत्र कड़ाके की ठंड की चपेट में हैं और बर्फीली हवाएं चल रही हैं लाहौल स्पिति से हमारे प्रतिनिधि के मुताबिक मौमस के इस बदले मिजाज से घाटी के किसान व बागवान परेशान है क्योंकि जिले के अधिकतर हिस्सों से अभी सेब और आलू की फसल को मंडियों तक भेजना बाकी है इसके अलावा कृषि और बागवानी कार्यों में व्यस्त होने के कारण जिले के लोगों को अभी सर्दियों के लिए राशन और ईंधन की व्यवस्था भी करनी है किन्नौर और पांगी तथा भरमौर की उंची पहाड़ियों पर भी हल्के हिमपात की सूचना है इस बीच राज्य के शेष हिस्सों में आज दिन के अधिकांश समय हल्के बादल छाए रहे मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम दर्ज किया जा रहा है केलंग आज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां न्यूनतम तापमान माईनस एक दशमलव आठ डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया